प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में पंडित उपाध्याय को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके आदर्श हमें गरीबों की सेवा करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं गोविंद ठाकर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि तीन अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण का दिन प्रदेश के लिये ऐतिहासिक होगा मनाली में कल मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि अटल टनल के लोकार्पण से जहां घाटी के लोगों को आवागमन की सुविधा होगी वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा

पोषण जागरूकता राष्ट्रीय पोषण माह के तहत लाहौल स्पीति ज़िले में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा आगंनबाड़ी कार्यकताओं को संतुलित आहार महिला स्वास्थ्य व एनिमिया के प्रति जागरूक किया जा रहा है ज़िला कार्यक्रम अधिकारी ख़ुशविंदर ने बताया कि पोषण से सम्बंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाने के मकसद से आंगनबाड़ी कार्यकताओं को जागरूक किया जा रहा है वहीं शिमला में कल उपायुक्त कार्यालय परिसर में कार्यरत महिलाओं के लिये एक कार्यशाला आयोजित की गई इसकी अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त अमित कश्यप ने कहा कि पोषण अभियान को सफल बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है इस मौके पर उन्होंने पोषण शपथ भी दिलाई अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमित महिला की आत्महत्या और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान की खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है डीडीयू से हटाए कार्यकारी एमएस महिला आयोग ने तलब की रिपोर्ट पंजाब केसरी का शीर्षक है सरकार ने बदला डीडीयू का एमएस रमेश होंगे नए एमएस

दैनिक जागरण के मुताबिक रिपन अस्पताल से हआए एमएस सरकार बेहद सख्त पीएम के मनाली दौरे से जुड़ी खबर पर दैनिक भास्कर का शीर्षक है रोहतांग की अटल टनल से देश की सुरक्षा होगी और मजबूत पीएम का मनाली में पारंपरिक तरीके से स्वागत करने की तैयारियां वहीं हिमाचल दस्तक ने लिखा है उत्सव की तरह होगा अटल टनल रोहतांग का लोकार्पण आपका फैसला के शब्द हैं अटल टनल से मजबूत होगी देश की सुरक्षा हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला के बयान को अजीत समाचार ने सुर्खी दी है हिमाचल में बनेगी कांग्रेस की सरकार कांग्रेस नेताओं को दी एकजुट होकर काम करने की नसीहत संक्रमण से उबरे महेंद्र बोले गम्भीर रोगियों के लिये अलग हो व्यवस्था दैनिक जागरण की खबर है जबकि अमर उजाला ने शीर्षक दिया है मेरे सामने अस्पताल में मरीज मरे तो दिमाग में चली उल्टी कैसेट एसएमसी शिक्षकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब आठ अक्तूबर को सुनवाई की खबर को दैनिक भास्कर हिमाचल दस्तक व दिव्य हिमाचल ने प्रमुखता दी है वहीं अब डिपो से एक साथ नहीं मिलेगा दो माह का राशन दैनिक जागरण की खबर है